पटना हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री या मंत्री को किसी को नौकरी में रखने या बहाली के लिए अनुशंसा का अधिकार नहीं है न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह की अनुशंसा करने का अधिकार न तो संविधान देता है और न ही कोई कानूनी प्रावधान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी कानून व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने कहा कि जिन थाना क्षेत्रों में लगातार अपराध चिन्हित हुए हैं वहां विशेष सतर्कता बरती जाय और पुलिस मुख्यालय इसकी नियमित निगरानी करे उन्होंने अधिकारियों को समय पर अनुसंधान और ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए थानेदार से लेकर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारियों को हर सप्ताह नियमित रूप से बैठक करने को भी कहा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए एक लाख बीस हजार मीट्रिक टन प्याज के आयात की मंजूरी दे दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी राज्य में चल रहे भूमि के विशेष सर्वेक्षण कार्य की थर्ड पार्टी जांच करवायी जायेगी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया से अनुरोध किया गया है उन्होंने कहा कि तीसरे पक्ष से जांच इसलिए आवश्यक है ताकि इस बात को लेकर आश्वस्त हुआ जा सके कि सर्वे का काम तय मापदंडों के अनुरूप हो रहा है

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को बिना जिग जैग तकनीक वाले भट़ठों को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिये गये हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों से कृषि विकास के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए सुझाव मांगे हैं पटना के जमालुद्दीनचक पंचायत में किसान चौपाल को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि चौपाल का उद्देश्य न सिर्फ किसानों को सरकारी योजनाओं को जानकारी देना है बल्कि योजनाओं के निर्माण में उनके सुझाव भी लेना है उन्होंने किसानों से खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने का अपील की उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए सुझाव पेटी लगेगी पटना में राज्यस्तरीय किशोर किशोरी सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि इस सुझाव पेटी में बच्चों द्वारा दिये गये सुझाव और शिकायतों को जिला शिक्षा पदाधिकारी खोलेंगे और इस पर कार्रवाई भी की जायेगी निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की अंतिम तिथि को बढ़ाकर तीस नवम्बर कर दिया है संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सात फरवरी को होगा सूची का प्रारूप सोलह दिसम्बर को जारी किया जायेगा और पन्द्रह जनवरी तक दावा आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे प्रदेश में पैक्स चुनाव में लगाये जाने वाले सभी कर्मियों को एक विशिष्ट नम्बर दिया जायेगा राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पत्र में उस पैक्स का नाम नहीं होगा जहां मतदान के लिए उन्हें लगाया जाना है चुनावी ड्यूटी में सहकारिता विभाग के कर्मियों को भी नहीं लगाया जायेगा सहरसा से सुपौल के बीच दिसम्बर महीने से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जायेगा पूर्वी क्षेत्र कोलकता के सीआरएस लतीफ खान के साथ इस रेलखंड का निरीक्षण के बाद समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि गढ़बरुआरी से सुपौल तक प्लेटफार्म के सुव्यवस्थित होने तक एक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया जायेगा बेगूसराय जिले के कांवर झील को विकसित किये जाने वाले देश की सौ झीलों की सूची में शामिल किया गया है केन्द्र सरकार ने जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए केन्द्रीय योजना के तहत कांवर झील का चयन किया है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस संबंध में बेगूसराय से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को पत्र लिखा है केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से भी कांवर झील के दीर्घकालीन संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक समेकित योजना तैयार करने को कहा है और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता

इधर बेगूसराय के जिलाधिकारी ने कांवर झील को पानी उपलब्ध कराने के लिए लघु सिंचाई विभाग को कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है एक समय लगभग पंद्रह हजार एकड क्षेत्र में फैले इस झील को प्रकृति की एक अनुपम भेंट माना जाता है कभी सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के आगमन से यह क्षेत्र गुलजार हुआ करता था लेकिन पानी की कमी से इसका दायरा सिमटता जा रहा है उम्मीद जतायी जा रही है कि सस्सण के प्रयासों से कांवर झील पक्षी अमयारण्य की रौनक लौटेगी आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से अनुज वर्मा पटना के एनएमसीएच में आज छठे दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है हड़ताल के कारण इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं ब्रुरी तरह प्रभावित हुई हैं कल अस्पताल पहुंचे डायरिया के एक मरीज की चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण मौत हो गयी इधर स्वास्थ्य विभाग और हड़ताली डॉक्टरों के बीच वार्ता के सभी प्रयास विफल रहे हैं पटना हाईकोर्ट ने डीएलएड के परीक्षाफल के प्रकाशन के सात महीने बाद भी छात्रों को अंक पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कड़ी फटकार लगायी है न्यायमूर्ति अंजना मिश्र की एकलपीठ ने बोर्ड को पच्चीस नवम्बर तक सभी परीक्षार्थियों को अंक पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है राजद के मनोज कुमार झा ने कल राज्य सभा में डिप्लोमा इन एलिमेंन्ट्री एड्केशन डीएलएड डिग्री को मान्य बनाने का मुद्दा उठाया शून्यकाल के दौरान श्री झा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि एनआईओएस से अठारह महीने के डीएलएड कोर्स करने वालों को दूसरी नौकरियों में शामिल होने के लिए अयोग्य बताया जा रहा है जो पूरी तरह गलत है उन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा के लिए जारी द्रसरे डमी एडमिड कार्ड में गलतियों की सुधार के लिए निर्धारित तिथि को पच्चीस नवम्बर तक विस्तारित कर दिया है पहले यह तिथि बीस नवम्बर तक निर्धारित थी सीबीएसई ने आठ दिसम्बर को होने वाली केन्द्रीय पात्रता परीक्षा सीटीईटी का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है परीक्षार्थी सीटीईटी डॉट एनआईसी डॉट इन से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं पटना हवाई अड़डे से एक दिसम्बर से सात जोड़ी फ्लाइट का परिचालन रद्द कर दिया गया है हवाई अड्डा के निदेशक भूपेश नेगी ने बताया कि सर्दी के मौसम में कोहरे के प्रभाव को देखते हुए यह फैसला किया गया है भोजपुर जिले की एक अदालत ने आरा पटना के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में केस के जांच अधिकारी की ओर से अब तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने पर कड़ी नाराजगी जतायी है विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आर के सिंह ने जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पन्द्रह दिनों के अंदर जवाब सौंपने का निर्देश दिया है बक्सर जिले के विश्व प्रसिद्ध पंचकोशी पौराणिक मेले में आज सुबह से पांच दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली चरित्रवन घाट पर उत्तरायणी गंगा नदी में स्नान के बाद पूजा अर्चना कर लिट्टी चोखा का प्रसाद ग्रहण कर रहे है आरा में पिछले दिनों दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में तीस लाख रूपये से अधिक की लूट के मामले में पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां केन्द्रीय कैबिनेट के फैसलों और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पूरे देश में एनआरसी लागू किये जाने के बयान को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर लिखता है निजीकरण का सबसे बड़ा फैसला बीपीसीएल सहित पांच कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार प्रभात खबर ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाते हुए लिखा है एनआरसी लागू करने में धर्म के आधार पर नहीं होगा भेदभाव हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार विधान मंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू दैनिक जागरण ने महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए किये जा रहे प्रयासों को प्रमुखता दी है राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है प्रद्षण पर वार को नीतीश तैयार दैनिक आज की सुर्खी है सोशल मीडिया के खाते को आधार से जोड़ने का इरादा नहीं रविशंकर